राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने विद्यार्थियों में उच्च शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों को विकसित करने पर दिया बल राज्य में एसजेवीएनएल की पांच जलविद्युत परियोजनाएं जल्द होगी शुरू अगस्त माह में समझौता ज्ञापन पर होंगे हस्ताक्षर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल आयोजित होने वाले जनमंच कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी भाजपा सदस्यता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया उन्होंने इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में पांच लोगों को पार्टी की सदस्यता प्रदान की भाजपा का सदस्यता अभियान भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर शुरू हुआ है

शिमला भाजपा मंडल द्वारा आयोजित सदस्यता अभियान की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष प्रदीप कश्यप ने की इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और इसे ऊंचाईयों तक पहुंचाने का श्रेय पार्टी के कर्मठ कार्यकर्त्ताओं को जाता है उन्होंने कार्यकर्त्ताओं का आह्वान किया कि पार्टी के इस सर्वव्यापी अभियान को आगे बढ़ाने में अपनी सहभागिता निभाएं भाजपा के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस मौके मौजूद रहे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ऊना में सदस्यता अभियान की शुरू आत करते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार ने लोगों के कल्याण और उत्थान के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं उन्होंने कार्यकर्त्ताओं को अभियान के दौरान लोगों को पार्टी विचारधारा से अवगत करवाने को भी कहा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने सोलन जिले के धर्मपुर से सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया

वहीं हमीरपुर जिले के सुजानपुर में आयोजित सदस्यता अभियान के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बतौर मुख्यातिथि मौजूद रहे

उधर चम्बा में विधायक पवन नैय्यर ने सदस्यता अभियान शुरू करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है इस दौरान चम्बा नगर में एक रैली के माध्यम से लोगों से भाजपा से जुड़ने का आह्वान भी किया गया

ये बात आज उन्होंने शिमला में हिंदी दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला द्वारा आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही राज्यपाल ने कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने और उन्हें देश का सफल नागरिक बनाने में अध्यापकों व अभिभावकों की अहम भूमिका रहती है आचार्य देवव्रत ने पुरस्कृत होने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या अधिक होने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि मजबूत राष्ट्र के निर्माण और स्वस्थ समाज के लिए लड़कियों की शिक्षा महत्वपूर्ण है

मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया सरकार और जनता के बीच संवाद सेतु के रूप में कार्य करता है जिसके माध्यम से सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुंचती है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी इस मौके पर अपने विचार व्यक्त किए

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में विद्यमान जल विद्युत क्षमता के तीव्र दोहन के लिए प्रयासरत है और इस क्षेत्र में निजी निवेश को भी बढ़ावा दिया जा रहा है रिलायंस ग्रप इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला में रिलायंस उद्योग के एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ एक बैठक की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सोलन ज़िले के बद्दी में भूमि का एक बेहतरीन प्लॉट चिन्हित किया है जहां रिलायंस उद्योग मोबाईल असेम्बलिंग इकाईयां स्थापित कर सकता है रिलायंस उद्योग का ये शिष्टमंडल प्रदेश में कृषि बागवानी उत्पाद जिओ नेटवर्किंग खेल क्षेत्र पर्यटन रिजार्ट व मोबाईल असेम्बलिंग इकाईयां स्थापित करने में निवेश की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रदेश के दौरे पर हैं

गोविंद ठाक्र वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि किन्नौर जिले में राज्य पथ परिवहन निगम के रिकांगपिओ डिपो की खटारा बसों के स्थान पर जल्द ही नई बसें उपलब्ध करवाई जाएगी रिकांगपिओ में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिले में बसों की कमी को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं और स्थानीय लोगों को मैक्सी कैब चलाने के लिए परमिट दिए जाएंगे गोविंद ठाकुर ने स्थानीय बस रूटों पर समय पर बसें न चलाए जाने पर भी नाराजगी जताई और इस संबंध में कड़ा संज्ञान लेने का आश्वासन दिया

मंडी जिले में जोगिन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र के लड़भड़ोल में सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाक्र जनमंच की अध्यक्षता करेंगे

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज शिमला जिले में चौपाल विधानसभा क्षेत्र के क्पवी में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे हमीरपुर जिले के पटलांदर में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर कांगड़ा जिले के शाहपुर क्षेत्र के दरीणी में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार चम्बा जिले के भरमौर में जनसमस्याएं सुनेंगे

वे आज कुल्लू में जनमंच कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे